मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानमंडल में प्रस्तुत किये गये बजट को समाज के हर वर्ग के विकास का बजट बताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसका आकार पहली बार पांच लाख करोड़ रूपये को पार कर गया है उन्होंने कहा कि यह बजट जन आकांक्षाओं का बजट है बाइट चौथा बजट हमारी सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है

वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हुआ है समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देते हुए बजट आगे बढ़ा है

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस बजट की बड़ी भूमिका होगी

सरकार ने दो हजार करोड़ रूपये की धनराशि जेवर अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये और इतनी ही धनराशि मेरठ से प्रयागराज के बीच बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के लिये भो रखी है बजट में कानपुर मेट्रो के निर्माण के लिये तीन सौ अट्ठावन करोड़ रूपये गोरखपुर मेट्रो के लिये दो सौ करोड़ और आगरा मेट्रो के लिये दो सौ छियासी करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वहीं अयोध्या में पर्यटन के विकास के लिये वहां हवाई अड्डे के लिये पांच करोड़ और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिये नौ हजार दो सौ पचास करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है और जानकारी हमारे संवाददाता से बजट मांगे प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बजट में युवाओं शिक्षा कौशल विकास स्थापना सुविधाओं महिलाओं और त्वरित न्याय के लिए व्यवस्था की गई है बजट में तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपए की बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है सरकार मेट्रो रेल सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बल दे रही है

इनके क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा भाजपा क प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को जनकल्याणकारी और शानदार बजट पेश करने क लिये बधाई दी है उन्होंने कहा कि यह बजट गांवों गरीब किसानों यवाओं महिलाओं और व्यापारियों के साथ समाज के सभी वर्गो के विकास को समर्पित है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बजट को समग्र विकास का बजट बताते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है बाइट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का बजट अत्यन्त अभिनन्दनीय है

जिस तरह से पूरे पदेश के विकास का एक खाका खींचा है जो गंभीरता इस बजट में है वह युवाओं में रोजगार के सृजन की दृष्टि से देखिये या किसानों को लीजिये सभी के लिये इस बजट में एक अच्छा पैगाम है विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार के बजट की आलोचना की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बून्देलखण्ड एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के विकास की रीढ़ बनेगा उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरीडोर की स्थापना की कार्यवाही तेजी से चल रही है

मुख्यमंत्री ने शिलान्यास स्थल का भ्रमण और सभा स्थल का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि वर्षों से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा किन्तु बूंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण से अब इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आयेगा

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगा से सुझाव आमंत्रित किये हैं

श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई गॉव पर भी संदेश भेज सकते हैं

ये सुझाव शनिवार तक भेजे जा सकते हैं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

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई प्रशासन ने नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिये पुख्ता इंतजाम किये है हाईस्कूल की परीक्षाएं तीन मार्च तक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं छह मार्च तक चलेंगी

मुख्यमंत्री ने परोक्षार्थियों से तनाव मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने का आहवान किया

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बोर्ड परीक्षा केवल परोक्षा ही नहीं बल्कि एक उत्सव है परीक्षार्थी तनावमुक्त और प्रसन्नचित होकर परीक्षा दं

मेरठ हमीरपुर झांसी पीलीभीत अलीगढ़ सहित सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क बीच आज की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं सम्पन्न हुई जौनपुर जिले में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने पर अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक को निलम्बित कर दिया गया जिलाधिकारी ने कहा कि नकल करने और कराने वालों के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जायेगी प्रशासन नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिये कृत संकल्प है प्रदेश के सभी जिलों में सुचारू रूप से परीक्षा सम्पन्न कराने के लिये एक एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है सभी नियंत्रण कक्ष लखनऊ में स्थापित राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम स संबद्ध है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिये प्रदेश भर में सात हजार सात सौ चौरासी परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसी टीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है नौ सौ अड़तीस संवदेनशील और तीन सौ उन्तालीस अति संवेदनशील केन्द्रों पर स्टटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है प्रदेश में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि बारह लोग घायल हो गये कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में कल देर रात बस और कार की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई जबकि ग्यारह अन्य लोग घायल हो गये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है

वहीं बांग्ला को सातवीं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का दर्जा दिया गया है

मौजूदा डेटाबेस में विश्व में प्रयोग की जा रही सात हजार एक सौ ग्यारह भाषाओं को शामिल किया गया है समाप्त